बजट में जहां नई योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है वहीं पुरानी योजनाओं की प्रकिया के सुदृढ़ीकरण पर भी बल दिया गया है मुख्यमंत्री ने बजट में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से सबंधित गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को आर्थिक सहायता देने के लिए एक नई योजना सहारा शुरू करने की घोषणा की इसके तहत मरीजों को दो हजार रूपए प्रतिमाह वित्तीय सहायता दी जाएगी इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थानों और शहरी निकायों के प्रतिनिधियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की घोषणा भी की बजट में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए युवा वन जीवन बोर्ड स्थापना करने का भी प्रस्ताव है

हिमाचल गृहणी सुविधा उज्जवला योजना के लाभार्थियों को एक अतिरिक्त गैस सिलेंडर मुफ़त में भरने का प्रावधान भी किया गया है

स्कूलों में विद्यार्थियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अटल निर्मल जल योजना की घोषणा भी बजट में की गई मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए कई नई योजनाएं व कार्यक्रम आरम्भ करने की घोषणा की है

इसके अलावा मुख्यमंत्री किसान व खेतीहर मजदूर और जीवन सुरक्षा योजना में मिलने वाली राशि दोगुनी होगी डेढ़ सौ करोड़ रुपये की मुख्यमंत्री नूतन पॉलीहाउस परियोजना शुरू की जाएगी परम्परागत कौशल और शिल्प ग्राम कारिगरों के लिए मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना शुरू करने का भी प्रस्ताव है बजट में कौशल विकास भत्ता योजना के लिए एक सौ करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है और इसके तहत एक लाख युवाओं को कौशल विकास भत्ता प्रदान किया जाएगा बजट में मुख्यमंत्री रोशनी योजना शुरू करने का प्रस्ताव है जिसके तहत गरीब परिवारों को नए विद्युत कनेकशन के लिए कोई सर्विस चार्जिज नहीं लिए जाएंगे

मुख्यमंत्री ने पौंग क्षेत्र विकास बोर्ड के गठन की घोषणा करते हुए कहा कि ये बोर्ड क्षेत्र के समुचित और सुनियोजित विकास बारे नीति व कार्यक्रम निर्धारित करेगा

प्रतिक्रिया भाजपा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को संतुलित बजट पेश करने पर बधाई दी है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सर्वस्पर्शी व सर्वहितकारी बजट पेश किया है और सीमित संसाधनों के बावजूद समाज के हर वर्ग को राहत पहुंचाने का प्रयास किया गया है स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने बजट को सभी वर्गो का हितैषी करार दिया है

स्वास्थ्य मंत्री ने आर्थिक रूप से कमजोर गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सहारा योजना शुरू करने के निर्णय का भी स्वागत किया भाजपा के मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने कहा है कि बजट में नई योजनाओं को शुरू करने के साथ साथ चल रही योजनाओं के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया गया है उन्होंने किसानों और बागवानों सहित समाज के हर वर्ग के लिए बजट प्रावधान किए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि इससे प्रदेश विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री ने टैक्स फ्री बजट पेश किया है उन्होंने कहा कि किसानों बागवानों और पत्रकारों सहित हर वर्ग के लिए इसमें राहत दी गई है